प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिन में ग्यारह बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चितौरा झील के विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे बहराइच में यह कार्यक्रम महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे इस विकास परियोजना में महाराजा सुहेलदेव की अश्वारोही प्रतिमा स्थापित की जाएगी तथा इसके साथ ही चितौरा झील के आस पास कैफेटेरिया अतिथि गृह और चिल्ड्रन पार्क जैसी सुविधाए विकसित की जाएगी महाराजा सुहेलदेव को देश के प्रति उनकी सेवाओं और समर्पण के लिए याद किया जाता है वे हमेशा से ही लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं यह स्मारक स्थल पर्यटन के नजरिये से भी काफी फायदेमंद होगा और ब्यौरा हमारे संवाददाता सेः प्रदेश सरकार ने बसंत पंचमी के अवसर पर महाराजा सुहेलदेव जयंती समारोह आज पूरे प्रदेश में आयोजित करने का निर्णय लिया है है प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन मुकेश कुमार मेश्राम ने बताया कि सभी मंडल आयुक्तों और जिलाधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जयंती समारोह शहीद स्मारको और स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के स्थलों पर आयोजित किए जाएं यह आयोजन जनप्रतिनिधियों एनएसएस एनसीसी और सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों स्काउट एंड गाइड और प्रमुख लोगों की उपस्थिति में आयोजित किए जारहे हैं आज शाम के समय शहीद स्मारकों पर प्रकाश की व्यवस्था की जोएगी और पुलिस बैंड पर राष्ट्रधन बजाई जायेगी शिक्षा विभाग द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा महाराजा सुहेलदेव के जीवन पर विभिन्न शहीद स्मारकों पर पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर पर विश्वविद्यालयों डिग्री कालेजो तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में महाराजा सुहेलदेव की यादगार में विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से योजना की शुरूआत करते हुए कहा कि प्रदेश की युवा ऊर्जा को समर्पित इस योजना का लक्ष्य युवाओं को मजबूत नींव प्रदान करना है

उन्होंने कहा कि योजना को वर्चुअल माध्यम से संचालित कर लाखों युवाओं को इसका लाभ दिया जा सकता है मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि योजना से प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को और निखरने का अवसर मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की अट्ठाईस तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की चौहत्तरवीं कडी में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया जनवरी मे मन की बात कार्यक्रम में कला संस्कृति पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों पर प्रकाश डाला था

वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सोलह जनवरी से स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड टीका लगाने का अभियान शुरू किया था और दो फरवरी से कोरोना नियंत्रण के लिए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के दूसरे वर्ग को टीका लगाने का कार्य शुरू किया गया उन्होंने बताया कि जिन लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है उन्हें इस महीने की तेरह तारीख से दूसरी खुराक दी जा रही है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस समय अट्ठारह टीकों का विकास विभिन्न चरणों में है और इन्हें शीघ्र ही इस्तेमाल में लाना शुरू किया जाएगा प्रदेश में कोविड नाइन्टीन के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर दो हजार नौ सौ चौहत्तर रह गयी है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि पिछले वर्ष तीस मई के बाद संक्रमण की संख्या तीन हजार से कम हुई है उन्होंने कहा कि पिछले चौबीस घंटे में प्रदेश में कोविड संक्रमण के अट्ठावन नए मामले सामने आए हैं जबकि एक सौ बाईस मरीज स्वस्थ हुए हैं कल एक दिन में एक लाख ग्यारह हजार चार सौ छियासठ नमूनों की जांच की गयी

यह पर्व माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है वसंत पंचमी के दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और मां सरस्वती की पीले और सफेद रंग के फूलों से पूजा करते हैं प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में वसंत पंचमी के अवसर पर आज तीसरा मुख्य स्नान चल रहा है प्रदेश भर में श्रद्वालु विभिन्न नदियों एवं सरोवरों में स्नान कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को वसंत पंचमी की बधाई दी है अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि वसन्त पंचमी विद्या बुद्वि ज्ञान कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती के प्राकट्य का दिन है श्री योगी ने कहा कि वसन्तोत्सव प्रकृति के उल्लास का भी पर्व है उधर वसंत पंचमी के दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पतंगबाजी की परम्परा है वहीं ब्रज क्षेत्र में वसंत पंचमी पर्व से ही होली शुरू हो जाती है ब्रजमण्डल के अधिसंख्य मंदिरों में आज से होली की तैयारियां की जा रही हैं आज ही महाप्राण पण्डित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जयंती भी मनायी जा रही है मथुरा के वेन्दावन में यमुना तट पर आज वसंत पंचमी से कुम्म पूर्व वैष्णव बैठक का शुभारम्भ होगा इसकी शुरूआत काठिया बाबा आश्रम से निकलने वाली शाही सवारी से होगी यह धार्मिक आयोजन पच्चीस मार्च तक चलेगा हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि कृम्भ पूर्व वैष्णव बैठक के लिए यमुना के तट पर संतो की नगरी बस गयी है इस बार ब्रज विदेही चत्र्सम्प्रदायी महन्त रामविलास दास काठिया बाबा सवारी का नेतृत्व करेंगे जो साध् संतों के साथ नगर भ्रमण करते हुए कुम्म में विधिवत पूजन अर्चन के बीच ध्वजारोहण करेंगे इसी के साथ अनी अखाड़ों में भी ध्वजारोहण आरम्म हो जायेगा वैष्णव कुम्म की पूर्व संध्या पर कल तीनों अनी अखाड़ों के महन्तों ने यमुना पूजन किया उत्तराखंड के चमोली जिले में आयी बाढ के कारण एन टी पी सी परियोजना की सुरंग में फंसे पच्चीस से पैंतीस लोगों की तलाश और बचाव अभियान अभी भी जारी है चमोली जिले में रैणी गांव और तपोवन क्षेत्र में बाढ़ के कारण आठ दिनों के बाद चौवन शव बरामद किए जा सके हैं अभी लगभग एक सौ पचास लोग लापता हैं पिछले छत्तीस घंटों में सोलह शव बरामद किए गए हैं अब तक तपोवन में सुरंग से सात और रैणी गांव से नौ शव बरामद किए गए हैं समाजवादी पार्टी ने फिरोजाबाद ज़िले की सिरसागंज सीट से विधायक हरिओम सिंह यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने और सत्तारूढ़ भाजपा से सांठगांठ करने के आरोप में पार्टी से छह साल के लिये निष्कासित कर दिया है